उन्नीस सौ निन्यानये में करगिल की पहाड़ियों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने के अभियान को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था करगिल युद्ध साठ दिन से अधिक समय तक चला इस वर्ष समारोहों का विषय है नवचेतना नवहर्ष और नव निर्माण सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज श्रीनगर में बादामी बाग में थल सेना के कोर मुख्यालय में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने करगिल विजय दिवस पर देश की सुरक्षा में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्वांजलि दी है श्री नायड् ने ट्वीट संदेश में करगिल युद्ध और ऑपरेशन विजय के सभी सैनिकों को नमन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा करते हुए भारतीय सेना के शहीद हुए बहादुर जवानों को श्रद्वांजलि दी है ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह दिन हमें अपने सैनिकों के साहस वीरता और समर्पण की याद दिलाता है

राजधानी रायपुर में पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में शासकीय हिन्दू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हए राष्ट्रीय कैंडेट कोर एनसीसी के सूबेदार मेजर सत्यवीर जाट ने शिक्षकों से अपील की कि वे ऐसे नागरिक तैयार करें जो देश की रक्षा में काम आ सकें इस अवसर पर करगिल विजय दिवस के संबंध में एक वृत्त चित्र का प्रदर्शन भी किया गया कार्यक्रम में पीआईबी के अपर महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय के प्रमुख शैलेष फाये चंदन कुमार सिन्हा हिन्दू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य रजनी मिंज और एनसीसी के प्रभारी राजीव वर्मा सहित बड़ी संख्या में एनसीसी के कैडेट छात्र और शिक्षक उपस्थित थे जाति प्रमाण पत्र समिति प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है यह समिति झारखंड तथा ओडिशा में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन करेगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई पूर्व मंत्री और विधायक रामपुकार सिंह जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष होंगे बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति जब राज्यों के दौरे पर जाए तो वहां सरकार के अधिकारियों के साथ समुदाय के लोगों से भी चर्चा करे उन्होंने समिति को तीन माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए श्री बघेल ने गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत् कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की जांच के कार्यों में तेजी लाने और दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए कृषि विवि पिछड़ी जनजाति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत संचालित कृषि उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों के छात्र छात्राओं को स्नातक पाठ्यक्रम में उनके मूल निवास के समीप संचालित महाविद्यालय में प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी विशेष पिछड़ी जनजातियों में अब्झमाड़िया कमार पहाड़ी कोरवा बिरहोर और बैगा शामिल हैं शैक्षणिक सत्र दो हजार उन्नीस बीस में किसी भी महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विद्यार्थियों को उनकी मांग के आधार पर उनके मूल निवास स्थान के आसपास स्थित महाविद्यालय में नियमानुसार सीट सहित स्थानांतरित की जाएगी

मिली जानकारी के मुताबिक थाना भैरमगढ़ के साप्ताहिक बाजार में जिला पुलिस बल की टीम ने घेराबंदी कर इस माओवादी को पकड़ा

उधर सुकमा जिले में एक माओवादी दंपत्ति ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है इनमें से एक माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था

प्रधानमंत्री ने लोगों के सुझाव आमंत्रित किये हैं इसे माई जीओवी ओपन फोरम पर भेजा जा सकता है श्रोता टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी कॉल करके प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं साइबर सेल भंग प्रदेश में अब साइबर और विशेष अनुसंधान सेल को भी भंग किया जाएगा पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर अपराध से जुड़ी अनुसंघान शाखाओं को तत्काल भंग करने को कहा है उन्होंने कहा है कि यदि अपराध से जुड़े अन्य विवेचनाओं के लिए बनाई गई शाखाओं को तत्काल भंग नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी गौरतलब है कि पुलिस महानिदेशक ने भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद क्राईम ब्रांच से संबंधित सभी शाखाओं को भंग करने के निर्देश दिए थे इसके बाद भी कई जिलों में अपराधों को सुलझाने के लिए क्राईम ब्रांच के समानांतर साइबर सेल का गठन किया गया था ये सेल बड़े अपराधों को सुलझाने में क्राईम ब्रांच की तरह कार्य कर रहे थे पत्र में यह भी कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक या आईजी किसी बड़े अपराध की विवेचना के लिए अनुसंधान टीम का गठन कर सकते हैं लेकिन अपराधों को सुलझाने के बाद उस टीम को भंग करना होगा

सुश्री उइके उनतीस जुलाई को शाम चार बजे राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल पद की शपथ लेंगी उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन शपथ दिलाएंगे शपथ समारोह के पहले सुश्री उइके सुबह शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक में पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगी इसके बाद वे माना स्थित राजीव स्मृति वन में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगी हाईकोर्ट सरोज पांडेय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय के निर्वाचन को दी गई चुनौती पर अगली सुनवाई चार सितंबर तय की है कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे लेखराम साहू की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई लेखराम के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सरोज पांडेय को विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया है कांग्रेस के लेखराम साहू ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान अट्ठारह अयोग्य विधायकों ने मतदान किया है और यही विधायक उनके प्रस्तावक और समर्थक थे याचिका में सुश्री पांडेय पर अपने घर का पता और बैंक खातों की गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया गया है सर्पदंश मौत जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला टटकेला में आज सर्पदंश से दो छात्राओं की मौत हो गई राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं वहीं अनुपस्थित प्रधान पाठक के साथ एक शिक्षिका को भी निलंबित कर दिया गया है सरकार ने कलेक्टर से स्वास्थ्य केन्द्रो में एंटी वेनम की उपलब्यता सुनिश्चित करने के साथ ही ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए बैठक लेने को भी कहा है गांजा बरामद कोंडागांव जिले में आज पुलिस ने एक ट्रक से लगभग डेढ़ करोड़ रूपये मूल्य का अवैध गांजा जब्त किया है इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है मिली जानकारी के मुताबिक कोंडागांव एसडीओपी ने मुखबिर की सूचना पर जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे एक ट्रक की जांच के दौरान एक हजार सात सौ नौ किलो अवैध गांजा बरामद किया इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है मौसम प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है आज राजधानी रायपुर और बिलासपुर सहित प्रदेश के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि ओडिशा में बने निम्न दाब और पश्चिम बंगाल के आसपास बने सिस्टम के असर से छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज रायपुर में नुआम टेक्नोप्रेन्योर कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की इस दौरान मुख्यमंत्री ने कंपनी के अधिकारियों से नया रायपुर से दुर्ग तक लाइट रेल चलाने के बारे में चर्चा की उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को परीक्षण के तौर पर राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक से टाटीबंध तक इसे चलाने के लिए सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए संसद का बजट सत्र अगले महीने की सात तारीख तक बढ़ा दिया गया है संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की कल शाम नई दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया श्रमिकों के पंजीयन में सुधार और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए रायपुर जिले के आरंग में आगामी उनतीस जुलाई से तीन अगस्त तक शिविर का आयोजन किया जाएगा